मौसम विभाग ने आगामी दो दिन तक गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि की दी चेतावनी

आज मण्डी में पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वन रैंक वन पैंशन और एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जिक्र किया

पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल के जवानों की सराहना की

उन्होंने कहा कि भारत हर प्रकार की तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है और दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार प्रयासरत है और उनके कार्यकाल में देश में एक करोड़ अधिक सैलानी आए जिससे विदेशी मुद्रा में वृद्वि हुई है प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास को जोड़ता जबकि आतंकवाद दुनिया को तोड़ता है उन्होंने प्रदेश में सड़क रेल नेटवर्क मोबाईल फोन कनैक्टिविटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल से अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा प्रभारी तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और पार्टी प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार के नोटबंदी के निर्णय को एक बड़ी गलती करार दिया है आज ऊना के झलेड़ा में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पाटी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण समाज के हर वर्ग को नुकसान हुआ है खासतौर पर किसान और व्यापारी वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जबकि छोटे किसानों को कर्ज न चुकाने के लिए सजा दी गई राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी जनसभा में किसान महिलाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बोल पाते हैं और सिर्फ गांधी परिवार को ही कोसते हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राफेल मुद्दे पर पूछे गए उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और लोग अभी भी इस लड़ाकू विमान की खरीद के बारे सच्चाई जानना चाहते हैं

उन्होंने एनडीए सरकार पर लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सच्चाई पर आधारित वायदे कर उन्हें पूरा करती है इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश का आज का अस्तित्व केन्द्र की कांग्रेस सरकारों की देन है पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर पर सांसद निधि का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया रैली में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल सहप्रभारी गुरकीरत कोटली सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे

क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े और कम आबादी वाले इस जिले में दुनिया का सबसे अधिक उंचाई पर स्थित टशीगंग मतदान केन्द्र है इसी तरह सबसे कम मतदाताओं वाला लिंगर मतदान केन्द्र भी इसी जिले में स्थापित किया गया है

गांव के लोग मतदान को लेकर उत्साहित हैं